राजधानी भोपाल को स्वच्छता सुंदरता विकास और सुशासन का मॉडल बनाया जाएगा कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में सुनिये निवाड़ी में अपने साथ साथ दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाने वाली एक महिला की कहानी

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि हाल के कृषि सुधारों ने किसानों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं आज आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान लंबे समय से इन सुधारों की मांग कर रहे थे और उनकी सरकार ने इसे पूरा किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने बहत विचार विमर्श के बाद कृषि सुधारों को कानूनी रूप दिया है

प्रधानमंत्री ने युवाओं से अनुरोध किया कि वे अपने आसपास के गांवों का दौरा करके किसानों को खेती में नवाचारों और हाल के कृषि सुधारों के बारे में जागरूक करें

प्रधानमंत्री ने सभी से देश के लिए संकल्प लेने और एक व्यक्ति के रूप में संविधान द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने का आग्रह किया किसान चर्चा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने किसान यूनियन के नेताओं से दिल्ली पुलिस द्वारा निर्धारित जगह पर जाने का आग्रह किया है श्री शाह ने कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से कहा है कि केन्द्र सरकार उनकी हर मांग पर चर्चा के लिए तैयार है गृहमंत्री ने कहा है कि किसान निर्धारित जगह पर धरना प्रदर्शन करेंगे तो इससे जनता को परेशानी नहीं होगी

सीएम बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण प्रदेश की राजधानी भोपाल को और अधिक निखारने के लिए एक कार्य योजना बनाकर अमल किया जाए भोपाल स्वच्छता सुंदरता विकास और सुशासन का मॉडल बनना चाहिए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अपराधिक तत्वों के विरुद्ध अभियान जारी रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह अपने निवास पर भोपाल के विकास सौंदर्यीकरण और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक कर रहे थे

मुख्यमंत्री कार्यालय और नगरीय प्रशासन के समन्वय से समन्वित योजना बने निर्धन तबके के निर्माणाधीन आवास जल्द बनें बैठक में कमिश्नर भोपाल कविन्द्र कियावत कलेक्टर अविनाश लवानिया डीआईजी इरशाद वली प्रमुख सचिव मनीश रस्तोगी के साथ वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना के नये मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है

जन आंदोलन सागर के जाने माने साहित्यकार मुकेश वर्मा ने प्रधानमंत्री के जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुनानक जयंती पर प्रदेश के नागरिकों को बधाई दी है उन्होंने कहा कि गुरुनानक देव जी ने आजीवन मानव कल्याण के लिए कार्य किया वे परिश्रम समानता सद्भाव और भाईचारे के मूल्यों को प्रोत्साहित करते रहे श्री चौहान ने गुरुनानक जयंती पर हो रहे कार्यक्रमों की सफलता की कामना करते हुए कोरोना के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने का आग्रह किया है

आज सुबह गुरुग्रंथ साहब के अखण्ड पाठ के साथ गुरुद्वारा परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया मौसम कुछ दिन पहले बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान निवार का असर अभी भी बना हुआ है

तूफान के कारण मिल रही नमी से पूर्वी मप्र में बादल बने हुए हैं कहीं कहीं गरज चमक के साथ बरसात भी हो रही है ठंडी हवाओं ने एक बार फिर राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में ठिद्रन बढ़ा दी है अभी तीन चार दिन तक मौसम शुष्क बने रहने के आसार हैं साथ ही हवा का रुख भी उत्तरी बने रहने की संभावना है इस वजह से ठंड के तेवर काफी तीखे हो सकते हैं मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले चौबीस घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहेगा खास तौर से मंडला सिवनी पेंच डिंडौरी जैसे जिलों का तापमान नीचे आने की पूरी संभावना है

शिवपुरी में आज रविवार को कोरोना से बचाव के चलते बाजार बंद रहे